कांगड़ा से हमारे प्रतिनिधि को अनुसार शहीद नितिन का पार्थिव शरीर आज प्रातः पूह से आर्मी हेलीपेड पालमपुर लाया जा रहा है

इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने नितिन राणा और पैराकमांडो अमित क्मार के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की है

इस दौरान झुग्गी झोंपडियों में रहने वाले बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि पोलियो मुक्त हो चुके देश में दोबारा पोलियो का कोई मामला न आए

इस बीच जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी और सड़कें बंद होने के चलते आज पोलियो की खुराक नहीं पिलाई जाएगी इसके लिए नई तिथि बाद में घोषित की जाएगी

परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर जीएस नेगी ने बताया कि इन परीक्षाओं की डेटशीट विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर उपलब्ध करवा दी गई है उन्होंने बताया विश्वविद्यालय ने एमफिल तथा एलएलएम पाठयक्रम की परीक्षाओं का शेड़यूल भी जारी कर दिया है

राम कमार प्रदेश सरकार ने ऊना जिला के शलोह में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की अधिसुचना जारी कर दी है राज्य औद्योगिक विकास निगम के उपाध्यक्ष राम कुमार ने बताया कि इस स्वास्थ्य संस्थान में डाक्टर व फार्मसिस्ट की नियुक्ति भी कर दी है उन्होंने पीएचसी की अधिसूचना जारी करने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार जताया है मौसम प्रदेश में पिछले दो दिनों से मौसम साफ बना हुआ है जिससे लोगों को ठंड से राहत मिली है

मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि रविवार रात से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है सरकारी राशन की दुकानों में सप्लाई होने वाले आटे में मिले मरे हुए चूहे बद्दी की फ्लोर मिल में मंत्री ने मारा छापा कहा कार्रवाई होगी दैनिक जागरण के शब्द हैं बद्दी में मिल के आटे में मिले मरे हुए चूहे आपका फैसला का शीर्षक है खाद्य आपूर्ति मंत्री ने उद्योगों में मारे छापे आटा मिल में मिले मरे हुए चूहे

पंजाब की सुर्खी है कांगड़ा जिला का राईफलमैन नितिन शहीद डिजीलॉकर में रखिए अपनी डिग्रियां शीर्षक से हिमाचल दस्तक लिखता है स्कूल शिक्षा बोर्ड और तकनीकी शिक्षा बोर्ड में ये सेवा शुरू हो गई है जिसके माध्यम से छात्र अपनी डिग्रियों को प्ले स्टोर में एकाउंट बनाकर रख सकेंगे दैनिक भास्कर की एक ख़बर है सरकारी स्कूलों में दोनों टाइम लगेगी हाजिरी टीचर्स डायरी भी होगी मेंटेन